राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जारी किया हेल्पलाईन नंबर अपात स्थिति उं में वाट्स ऐप कर महिलाएं मांग सकती हैं सुरक्षा

आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें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

राज्य में लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टैस्ट ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा

उन्होंने कहा कि हमें उनकी कर्मठता और सतर्कता पर गर्व है पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पुलिस महानिदेशकएम वी राव और स्पेशल ब्रांच के अपर पुलिस महानिदेशक एम एल मीणा ने पुलिस झंडा प्रदान किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज का यह दिन शहीद जवानों को समर्पित हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और राज्य की रक्षा के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि तथा सम्मान देकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए शुभकामनाएं दी है

रांची स्थित जैप वन परिसर में आज पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया इस दौरान पिछले एक साल में शहीद हुए आठ पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई उधर पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में भी पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी इसके बाद यहां पहुंचे शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है आयोग ने आज राजनीतिक दलों को फिर सलाह दी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाये

बेरमो विधानसभा उपचुनाव को त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारियों का जायजा आज सामान्य पर्यवेक्षक राजेंद्र किशन लिया उन्होंने एमसीएमसी कोषांग पोस्टल बैलेट कोषांग और वोटर हेल्पलाइन कोषांग का भौतिक निरीक्षण किया सामान्य पर्यवेक्षक राजेंद्र किशन ने एमसीएमसी कोषांग के निरीक्षण के दौरान कहा कि अखबार और टेलीविजन के अलावा सोशल मीडिया पर बारीक नजर रखने की जरूरत है

राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक एक वॉट्सएप नंबर जारी करेंगे संकट में घिरी लड़कियां और महिलाएं इस नंबर पर मैसेज भेज सकेंगी संदेश मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी पुलिस महानिदेषक एमवी राव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी उन्होंने लिखा राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकृश लगाने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे है श्री राव ने आज सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्म से मुलाकात की बाद में उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर पुलिस की विशेष तैयारी चल रही है साथ ही उन्होंने कहा कि द्र्गापूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूख्ता रहेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस देने की मंजूदी दी इससे तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा

श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तारीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जायेगी श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृहमंत्री ने संसद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर काम करने गये और वहां फंसे अपने मजदूरों को वापस लाया आज प्रत्येक जिला में मजदूरों की संख्या उनकी योग्यता और क्षमता की जानकारी उपलब्ध है सरकार सभी मजदूरों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है

इस छापेमारी में कैदियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा समेत जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल कोडरमा सेंट्रल जेल हजारीबाग सेंटल जेल में भी छापेमारी की गई कोडरमा में उपायक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारिब के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कोडरमा सेंट्रल जेल में छापेमारी की धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह के नेतृत्व में आज धनबाद मंडल कारा में छापामारी की गई छापामारी दल ने दोपहर में मंडल कारा के एक एक वार्ड की गहन तलाशी ली

छापामारी समाप्त होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि मुख्य सचिव झारखंड के निर्देश पर आज राज्य भर में यह अभियान चलाया गया

गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में प्लिस ने जेल के हर वार्ड में सर्च अभियान चलाया एसडीपीओ कमार गौरव ने बताया कि जिस वार्ड में एक शराब माफिया बन्द है वँहा से दो मोबाइल फोन बरामद हुआ है

बाद में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी जेल पहुँचे और जेल की सुरक्षा का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को कई निर्देश दिया चतरा जिले में सदर थाना क्षेत्र के पटेर बहरातरी जंगल में अवैध ढंग से अफीम की खेती कराने का मामला सामने आया है इस बात की जानकारी तब हुई जब रात में तस्करों की उपस्थिति में जुताई कर खेत तैयार कर रहे चालक की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज की है

इनमें से दो राशन डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है जबकि अन्य डीलरों के खिलाफ जांच चल रही है

अर्जुन मुंडा ने आज दुमका में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी के समर्थन में जनचौपाल को संबोधित किया देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर में शुन्य दशमलव दो पांच प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है